इसके अलावा बही सुलतानपुर सड़क में जबोठी खड़ड पर पुल तथा बलद्वाड़ा में संयुक्त भवन की आधारशिला रखेंगे बाद में मुख्यमंत्री बलद्वाड़ा में जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे परीक्षा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है

बोर्ड ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर परीक्षाओं को पहले कराने का फैसला लिया है सभी परीक्षाएं सुबह साढ़े दस बजे से शुरू होकर दोपहर डेढ़ बजे तक चलेंगी बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉ संयम भारद्वाज ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखों को ध्यान में रखकर परीक्षा की तारीख तय की गई है

हिमाचल सर्कल शिमला के मुख्य महा डाकपाल ने बताया कि अदालत में लोगों की डाक संबंधी शिकायतें सुनी जाएंगी

मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है जबकि अधिकतर भागों में कड़ाके की ठण्ड का दौर जारी है

स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद पानी जमने और रास्ते फिसलन भरे होने से उन्हें भारी असुविधा हो रही है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचारपत्रों ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है नड्डा के हवाले से अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में शुरू होंगे पांच हजार करोड़ के नए प्रोजेक्ट पंजाब केसरी के शब्द हैं राहुल गांधी को सीमित ज्ञान दैनिक जागरण का शीर्षक है राहुल का ज्ञान सीमित उनकी चर्चा नहीं करता मैं

जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार कांग्रेस दिशाहीन व नीतिविहीन राफेल मामले में राहुल गांधी खुद कंफ्यूज़ मुख्यमंत्री के हवाले से दिव्य हिमाचल लिखता है विपक्ष के कहे पर चलने वाला नहीं आपका फैसला के शब्द हैं जनमंच कार्यक्रम को मज़बूत करेंगे कटिंग प्र्निंग के बाद अवशेष जलाने पर पाबंदी दैनिक जागरण की खबर है

दिव्य हिमाचल पॉवर प्रोजेक्टस बनेंगे टूरिस्ट प्लेस शीर्षक से लिखता है हिमाचल शुरू करेगा हाइडल टूरिज्म कैसे बनती है बिजली अब विस्तार से जान पाएंगे पर्यटक

अमर उजाला के अनुसार क्रिसमस पर सैलानियों के इस्तकबाल को हिमाचल तैयार जबकि दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल में इस बार अधूरा रहेगा व्हाईट क्रिसमस का सपना अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय व्यवस्था में खोट में लिखता है कि प्रदेश के सरकारी चिकित्सा संस्थानों की व्यवस्था में खामियां जानलेवा साबित हो सकती है लिहाजा इसमें बदलाव की बेहद जरूरत है